प्राथमिक बोली दस्तावेज़ भी जारी किये गये श्रम एवं रोज़गार मंत्री अन्प धानक ने जुलाना के विध्त प्रसारण निगम के कार्यकारी अभियंता को चार्जशीट किया संडील गांव के किसानों की शिकायत पर सहकारी बैंक घोटाले मे मामला दर्ज कर जांच दल गठित करने के आदेश भी दिये भिवानी महेन्द्रगढ़ से लोकसभा सांसद धर्मवीर सिंह ने कहा कि म्ख्यमंत्री से मिलकर शहीद परिवारों का विशेष दर्जा दिलवाने और उनको मिलने वाली स्विधाओं की प्रक्रिया को सरल बनाने का प्रयास किया जायेगा आदिबद्री में तीन दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव आज श्रू हो गया केन्द्र सरकार ने कर्ज में डुबी एयर इंडिया की शत प्रतिशत हिस्सेदारी के विनिवेश की घोषणा की है आज इस बारे प्राथमिक बोली दस्तावेज़ भी जारी कर दिये गये है

नीतिगत निनिवेश के हिस्से के तौर पर एयर इंडिया के हिस्से के तौर पर एयर इंडिया एक्सप्रेस की सौ फीसदी हिस्सेदारी और संय्क्त उद्यम एयर इंडिया स्माल एयरक्राफ्ट ट्रांसपोटेशन सिस्टम में अपनी पचास फीसदी हिस्सेदारी भी बेचेगी

नई दिल्ली में मीडिया से बातचीत करते हये नगर विमानन मंत्री हरिदीप सिंह प्री ने कहा है कि एयर इंडिया एक्सप्रेस सहित एयर इंडिया एक बड़ी संप्दा है और सफल बोली देने वालों को एयर इंडिया ब्रैंड का प्रयोग जारी रखने की इजाज़त भी मिल जायेगी श्री प्री ने कहा कि एयर इंडिया की आर्थिक स्थिति बहत नाजुक है और सरकार के पास सीमित संसाधन है उन्होंने कहा कि एयर इंडिया कर्ज में डूबी ह्ई है और निजी क्षेत्र एयर लाइन को जरूरी पूंजी उपलब्ध करवा सकता है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी कल नई दिल्ली में कैरिअप्पा परेड ग्राउंड के राष्ट्रीय कैडेट कोर की रैली में भाग लेंगे

सांस्कृतिक कार्यक्रमों के अलावा एनसीसी कैडेटस प्रधानमंत्री के सम्म्ख साहसिक खेल संगीत तथा निष्पादन कलाओ जैसी अपनी क्षेत्रीय योग्यताओ का प्रदर्शन करेंगे श्री मोदी बहाद्र व सफल एनसीसी कैडेट्स को प्रस्कृत करेंगे तथा बाद में लोगों को सम्बोधित करेंगे उल्लेखनीय है कि हर वर्ष सैकड़ो एनसीसी कैडेट्स गणतंत्र दिवस शिविर के लिए दिल्ली आते है गत वर्ष प्रधानमंत्री ने एनसीसी को सम्बोधित करते हये प्राकृतिक आपदा के समय उनके द्वारा किये जा रहे बचाव कार्यो की तथा स्वच्छ भारत अभियान के विस्तार के लिए किये जा रहे उनके प्रयासों की सराहना की थी श्रम एवं रोज़गार राज्य मंत्री अनूल धानक ने आज जींद जिले के परिवेदना समिति की बैठक में ज्लाना के विद्युत प्रसारण निगम के कार्यकारी अभियंता के हाजिर ने होने के कारण उनहें सेवा अधिनियम आठ के तहत जार्चशीट कर दिया गया है जबकि संडील गांव के किसानों की शिकायतों पर सहकारी बैंक घोटाले के मामले में पुलिस अधीक्षक को मामला दर्ज कर विशेष जांच दल गठित करने के आदेश दिये है

नागरिकता संशोधन अधिनियम बारे उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी के प्रम्ख नेता उप म्ख्यमंत्री द्ष्यंत चौटाला पहले इसका समर्थन कर च्के है हरियाणा प्लिस की एसटीएफ की टीम ने उड़ीसा से कैंटर में हिसार सप्लाई की रही एक टन गांजापती जब्त की है और कैंटर के साथ एक व्यक्ति को मौके पर काबू किया है बरामद की गई गांजापती की स्थानीय बाज़ार में कीमत करीब सवा करोड़ रूपये बताई गई है मामले की गहना से जांच की जा रही है रोहतक एसटीएफ के प्लिस अधीक्षक जशनदीप सिंह रंधावा ने बताया कि एसटीएफ हिसार टीम ने गणतंत्र दिवस पर एक सूचना के आधार पर झज्जर बाइपास से इस कैंटर को काबू किया उन्होंने बताया कि प्रांरभिक जांच में आरोपी की पहचान सुरजीत उर्फ जीतू के तौर पर ह्ई है और वह अपने साथियों के साथ नशे की इस खेप को हिसार ले जा रहा था जो विशाखपट्नम से कैंटर में भरी गई थी भिवानी महेन्द्रगढ़ से लोकसभा सांसद धर्मवीर सिंह ने कहा है कि वे केन्द्र और प्रदेश सरकार से शहीद परिवारों को मिलने वाली स्विधा मे इजाफा करवाने का प्रयास करेंगे धर्मवीर सिंह आज चरखीदादरी जिले के गांव पैंतावास कलां दिवंगत शहीद सूबेदार दईराम की मूर्ति का अनावरा करने के बाद सम्बोधित कर रहे थे उन्होंने कहा कि वे स्थानीय विधायक सोमवीर सांगवान के साथ म्ख्यमंत्री से मिलकर शहीद परिवारों के लिए विशेष दर्जा दिलवाने और उनको मिलने वाली सुविधा की प्रक्रिया को सरल बनाने का प्रयास करेंगे इस मौके पर हरियाणा पश्धन विकास बोर्ड के अध्यक्ष और विधायक सोमवीर सांगवान भी उनके साथ थे इस मौके पर शहीद परिवारों और देश की रक्षा के लिए अहम भ्रमिका निभाने वालों को सम्मानित किया गया यम्नानगर जिले के प्राचीन तीर्थ स्थल आदिबद्री में तीन दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव आज हवन यज्ञ के साथ श्रू हो गया केन्द्रीय जल शक्ति राज्य मंत्री रतन लाल कटारिया व हरियाणा के शिक्षा व पर्यटन मंत्री कंवर पाल ग्र्जर ने महोत्सव में म्ख्य रूप से शिरकत की इस दौरान अपने सम्बोधन मे श्री कटारिया ने कहा कि पिछले साल मुख्यमंत्री मनोहर लाल व केन्द्रीय मंत्री नितिन गडकरी द्वारा इस स्थल के विकास के लिए घोषणाओं पर जल्दी काम श्रू किया जायेगा उन्होंने तीर्थस्थल की ग्राम पंचायत कठगढ़ को विकास कार्यो के लिये पांच लाख रूपये देने की घोषणा भी की शिक्षा मंत्री श्री कंवर पाल ने बताया कि सरस्वती जल्द की धरातल पर आयेगी सरकार इस पर काम कर रही है उन्होंने कहा कि सभ्यता व संस्कृति को सुरक्षित रखना जरूरी है और आदिब्रदी को विकसित करने के लिए योजनाबद्व तरीके से काम किया जा रहा है इस अवसर पर स्कूली बच्चों ने रंगारंग कार्यक्रम भी प्रस्तुत किये इंडिया नैशनल लोकदल के विधायक अभय चौटाला ने प्रदेश खासकर सिरसा जिले में नशे के बढ़ते रूझान पर चिंता व्यक्त की है विधायक ने कहा कि प्रेदश नशे को लेकर पंजाब से भी आगे निकल रहा है उन्होंने कहा है कि उन दवारा म्ख्यमंत्री को ऐलनाबाद हलके में नशे का व्यापार करने वाले लोगों के नाम दिये गये थे और सिरसा मे शिकायत निवारण कमेटी की बैठक में ग़हमंत्री को प्रशासन की मौज़दगी मे इस बाबत विस्तार से बताया गया था लेकिन गृहमंत्री के आश्वासन के बावजूद अभी तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया इनैलो नेता ने हरियाणा के महेन्द्रगढ़ दादारी भिवानी झजजर और जींद आदि जिलों में नशा करने वाले मरीजों के लिए अस्पतालों में कोई प्ख्ता प्रबंध न होने को आरोप भी लगाया है उन्होंने कई व्यापारियों को राजनीतिक संरक्षण का आरोप भी लगाते हये कहा कि ऐसे व्यक्तियों पर कार्रवाई करने से अधिकारी संकोच करते है

लेकिन नशे की खेप बाहर से लाकर बांटने वालों पर कोई कार्रवाई नहीं होती है उन्होंने कहा कि ग़हमंत्री की नशे का कारोबार करने वालों की धरपकड़ की पहली सराहनीय है लेकिन गठबंधन सरकार के चलते किसी परिणाम की आशा नहीं है गणतंत्र दिवस पर भिवानी की राजकीय प्राथमिक पाठशाला की अध्यापिका डा सरोज यादव को जिला प्रशासन ने सम्मानित किया है उन्हें शिक्षा खेल आफ पर्यावरण के क्षेत्र में किये गये उत्कृष्ट कार्यो के लिए प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया सड़क स्रक्षा सप्ताह के तहत पंचक्ला में यातायात पुलिस द्वारा आज महिलाओं को हेलमेट बांटे गये कालका से अधिकारी रमेश ग्लिया ने बताया कि पंचक्ला ट्रैफिक प्लिस द्वारा एचडीएफसी बैंक के सहयोग से ये हेलमेट दिये गये है इससे पूर्व यवनिका पार्क से एक बाईक रैली निकाल कर शहर वासियों को यातायात नियमों बारे जाग़त किया गया पंजाब और हरियाणा के अधिकतर हिस्सों में शीतलहर का प्रभाव अभी जारी है पिछले दिनों अच्छी धूप खिलने के बावजूद पंजाब चंडीगढ़ व हरियाणा के अधिकतर जिलों में रात का तापमान मे फिर से गिरावट दर्जकी गई है मौसम विभाग ने हरियाणा में कही ओलावृष्टि होने और गरज के साथ आंधी चलने का अनुमान लगाया है मौसम विभाग का कहना है कि कल भी क्छ स्थानों पर मौसम बिगड़ सकता है